एक जिला अररिया भी संक्रमण की चपेट में

प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के उन्नीस नये मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ कर तीन सौ पैंसठ हो गयी है वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर चौंसठ पर पहुंच गयी है आज बेगूसराय और से सात मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी

आज सबसे अधिक गोपालगंज से छह मामले सामने आये कैमूर से चार मुंगेर से दो जहानाबाद से तीन तथा पटना बांका बक्सर नालंदा और अररिया से एक एक मामले सामने आये हैं अररिया में पहली बार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है जिससे संक्रमित जिलों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त से जानकारी के अनुसार अब तक सबसे अधिक मुंगेर में इक्यानवे मरीज मिले हैं पटना में उनतालीस नालंदा में पैंतीस रोहतास में इकतीस सीवान में तीस बक्सर में छब्बीस तथा कैमूर और गोपालगंज में अठारह अठारह पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं बेगूसराय और भोजपुर में नौ नौ औरंगाबाद में सात गया में छह तथा भागलपुर पूर्वी चम्पारण और मुधबनी में पांच पांच और जहानाबाद में चार लोग कोविड उन्नीस से पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा लखीसराय अरवल नवादा और सारण में चार चार मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है बांका में तीन वैशाली में दो और मधेपुरा पूर्णियां दरभंगा तथा अररिया में एक एक मरीज संक्रमित मिले हैं इधर देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर उनतीस हजार नौ सौ चौहत्तर हो गई है सात हजार सत्ताईस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि नौ सौ सैंतीस लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में घर घर चलाये जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक चौदह लाख सत्तर हजार परिवारों का सर्वे किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि चार करोड़ से अधिक लोगों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जुटायी गयी है इनमें से तीन हजार बयासी ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें सर्दी खांसी और बुखार था इनमें से एक हजार नौ सौ नौ के नमूने जांच के लिए एकत्र किये जा चुके हैं उन्होंने बताया कि छत्तीस प्रवासी मजदूरों को कोरोना संक्रमित पाया गया है प्रधान सचिव ने कहा कि मुंगेर सीवान और नालंदा को कलस्टर जबकि छह जिले हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किये गये हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों से अन्य लोगों में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि उपचार के बाद ठीक हो गए लोगों से नोवल कोरोना वायरस के फैलाव का किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है प्रवक्ता ने कहा कि संक्रमित लोगों से भेदभाव करने का कोई कारण नहीं है और इस बारे में जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने की जरूरत है

इस संबंध में मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी

बाईट फ्यूचर में ये कैसे स्प्रिंड होने वाला है तो वो बिल्कुल उसपे डिपेंट करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैस रहता है सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है और हमारा जो हम बात कर रहे हैं कि जो एक पीक आएगा जो नम्बर ऑफ सर्जर केसेस आएगा वो एक फ्लैट हो सकता है फ्लैट कहने का मतलब कि नम्बर ऑफ केसेस बहत कम हो जाएंगे अगर ये सारे जो प्रोकोशन्स हैं इसको पूरी तरह से पूर्णतरू हम समी लोग उसमें सहयोग करें और उसको मानें

कोविड उन्नीस महामारी के मौजूदा समय में लोगों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में खाद्य और पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नई दिल्ली में लेडी इर्विन कॉलेज में खाद्य और पोषण विभाग की निदेशक डॉक्टर अनूपा सिद्धू ने कहा कि लोगों को जंक फूड से बचना चाहिए और ताजा तथा अच्छी तरह पका हुआ भोजन लेना चाहिए बाईट फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है और ताजा बना हुआ दो तीन घंटे के अंदर सुबह शाम में कोई लोड नहीं होना चाहिए वैक्टीरिया या वायरस और फ्रिज में एज फॉर एज पोसिबिल अवॉयड करना चाहिए क्योंकि अगर कोई लोड होता है तो वो बहुत देर तक फ्रिज में वो रहता है जो भी कुक करें वो अपने आप को कवर करें और कवर करके कोई वायरल शेडिंग उस इंसान की नहीं होनी चाहिए अगर वो कोविड पोजिटिव नहीं भी है तो भी नहीं होनी चाहिए कोविड उन्नीस से बचाव के लिए विकसित किये गये आरोग्य सेतु एप की मदद से संक्रमित लोगों की पहचान हो रही है एक रिपोर्ट बाईट पटना के पाटलिपुत्र में जिस युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसकी पहचान आरोग्य सेतु एप के माध्यम से हुई है यह राज्य का पहला मामला है जब कोविड उन्नीस मरीज की पहचान इस एप के माध्यम से हुई है संक्रमित युवक ने आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया हुआ था जिसमें उसने अपनी यात्रा समेत अन्य विवरण दर्ज किये थे यात्रा विवरण के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेलवे से युवक का मोबाईल नम्बर लेकर उसे जांच करवाने की सलाह दी

यह मामला साबित करता है कि आरोग्य सेतु एप किस तरह कोविड उन्नीस के मरीजों की पहचान और बीमारी की रोकथाम में सहायक हो रहा है आकाशवाणी पटना भी आप सभी से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और उसमें अपने विवरण दर्ज करने की अपील करता है

अररिया में एक चौकीदार के साथ दुर्व्यवहार के मामले के दोषी तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि जांच में अधिकारी को दोषी पाया गया जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गयी है गौरतलब है कि पिछले दिनों अररिया के बैरगाछी में लॉकडाउन के दौरान एक चौकीदार द्वारा मनोज कुमार की गाड़ी को रोके जाने पर चौकीदार के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उनसे उठक बैठक करवायी गयी थी इस मामले में एक दारोगा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है केन्द्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सभी राज्य दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब तक योजना के तहत छह लाख से अधिक मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया है

राज्य सरकार द्वारा अब तक साढ़े ग्यारह लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवारों की पहचान की गयी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है खाद्य और उपभोक्ता विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इन सभी परिवारों का सत्यापन करवाया जा रहा है और एक सप्ताह के भीतर इन्हें वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो राशन कार्डधारी परिवारों को मिल रही है

छब्बीस अप्रैल तक अठासी लाख इकसठ हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस मौसम में चार सौ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बंदिशों में धीरे धीरे ढील दिये जाने के साथ आने वाले दिनों में दुलाई तेज हो जाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत तीन महीने के लिए प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न मृफ्त में दिया जा रहा है

किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली है दीपेंद्र क्मार आकाशवाणी समाचार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 प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक एक हजार छह सौ तीस प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं वहीं एक हजार पांच सौ पैंतालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है सैंतालीस हजार दो सौ संतानवे वाहन भी जब्त किये गये हैं दस करोड़ अस्सी लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अब तक बयासी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि एक सौ तिरपन पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करवायी जा रही सहायता से लोगों को जीवन यापन में काफी सहूलियत हो रही है आकाशवाणी के साथ कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

एनपीजीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि इस शू सैनिटाइजर की मदद से परिसर में आने वाले किसी भी व्यक्ति के जूते समेत अन्य सामान पूरी तरह सैनिटाइज हो जाते हैं और अब जानते हैं मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है

और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के उन्नीस नये मामलों की पुष्टि

एक जिला अररिया भी संक्रमण की चपेट में